कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिये शीघ्र ही कानन बनाया जायेगा श्री नाथ ने आज विधानसभा में प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश में कई वर्षो से बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जो चिंता का विषय है

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ओद्यौगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा एक आदेश निकाला गया था उसके अनुसार प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान किया है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनीष श्रीवास्तव और उनकी पत्नी वर्षा उर्फ अनीता श्रीवास्तव को शाहपुरा से गिरफ्तार किया गया है अभी तक इनके नक्सलियों से सीधे संपर्क का खुलासा नहीं हुआ है इसलिए फिलहाल इन्हें पहचान छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया है ये दोनो जौनपुर के रहने वाले हैं और फर्जी दस्तावेजों के सहारे भोपाल में रह रहे हैं उनके पास से कुछ साहित्य मोबाइल फोन लैपटॉप और कुछ अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं

सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने तीस नये मामले दर्ज किए छापेमारी की कार्रवाई अभी चल रही है यह सीबीआई की इस हफ्ते में दूसरी बड़ी छापेमारी है बैंकिंग घोटालों को लेकर हाल ही में इसी तरह की कार्रवाई की गई थी जन अधिकार मुख्यमंत्री कमलनाथ आज से जन अधिकार कार्यक्रम का आगाज करेंगे कार्यक्रम शाम पांच बजे भोपाल रिथित मंत्रालय में आयोजित होगा इसके तहत जो भी शिकायत चुनी जायेगी उसका शिकायतकर्ता वीडियो कान्फ्रेंस में संबंधित जिले से कलेक्टर के साथ जुड़ेगा और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेगा इस दौरान मुख्यमंत्री शिकायत सुनने के साथ योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे यह कार्यक्रम प्रति मंगलवार को होगा क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा

इस विश्वकप में लीग मैच स्तर पर भारत को केवल इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था

न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों आखिरी तीन लीग मैचों में हार का सामना करना पड़ा आज के मैच का आंखों देखा हाल राजधानी एफएम रेनबो और आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर दिन के दो बजकर तीस मिनट से उपलब्ध रहेगा